मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कल शिमला में शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी

सरकार परामर्श गृह मंत्रालय ने दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत कुछ श्रेणियों की दुकानें खोलने का फैसला किया है आदेश में कहा गया है कि नगर निगम क्षेत्र और नगर पालिका सीमा से बाहर के बाजार परिसरों में स्थित दुकानों को संशोधित लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट रहेगी केन्द्र सरकार ने निगम क्षेत्रों के आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों सहित आसपास के क्षेत्रों की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी है

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नगर पालिका क्षेत्रों में रिथित मॉल की दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी संक्रमण वाले क्षेत्रों में यह छूट लागू नहीं होगी मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा

आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा

स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल शाम जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार ऊना जिला में आठ कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से अब छह रह गए हैं

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर कल देश भर के सभी राज्यों से इस पुरस्कार के लिए चुनी गई पंचायतों में हिमाचल प्रदेश की झिकली भेठ पंचायत भी शामिल है पंचायत के प्रधान हौंसर राम चौहान ने बताया कि यह पुरस्कार मिलना पंचायत के लिए गर्व की बात है और पंचायत को मिली राशि से विकास कार्यो को आगे बढ़ाया जाएगा

पंजाब केसरी की सुर्खी है सिलेबस में नहीं होगी कटौती छ्रट्टियों में एडजस्ट होंगे शैक्षणिक कार्य दिवस दिव्य हिमाचल के शब्द हैं लॉकडाउन के बाद होंगी बोर्ड परीक्षाएं एचपीयू के इम्तिहान भी तीन मई के बाद तय करेगी सरकार दैनिक जागरण ने लिखा है धीरे धीरे शुरू होंगी सभी सेवाएं तैयार रहें जिले आपका फैसला के मुताबिक सरकार ने छात्रों के लिये शुरू किया हर घर पाठशाला कार्यक्रम अनुराग ठाकुर के हवाले से दैनिक सवेरा टाइम्स ने सुर्खी दी है डिजिटल इंडिया ने घर घर पहुंचाई तकनीक प्रधानमंत्री के आत्म निर्भरता के मंत्र से भारत बनेगा विश्व गुरु कोरोना से राहत की खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है सोलन के काठा में भर्ती दो मरीजों की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव दो और जमाती हुए स्वस्थ दिव्य हिमाचल के मुताबिक हिमाचल में नया मरीज नहीं दो और हुए ठीक लाहुलवासियों के लिये आज से शुरू होगी गाड़ियों की सुविधा आपका फैसला की खबर है अमर उजाला का शीर्षक है बसों से जिले की सीमाएं पार कर घर पहुंचने लगे किसान कोटा से आज लौटेंगे विद्यार्थी कर्मचारियों के वेतन को लाले शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है कर्ज के बोझ तले दबी सरकार को फिर लेना पड़ेगा ऋण मौसम पर आपका फैसला का शीर्षक है हिमाचल में आज से फिर बिगड़ेगा मौसम